जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस के लिये भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है पटना में लोक संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी वैसे दलों के साथ हाथ मिला रहे हैं जिनका उन्होंने कभी विरोध किया था और विधेयक की प्रतियां फाड़ी थी श्री कुमार ने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार से समझौता करेगा उसे देश के लोगों का कभी समर्थन नहीं मिल सकता है पश्चिम बंगाल प्रकरण पर पूछे गये एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जायेगा वैसे वैसे चुनावी हथकंडे भी खूब देखने को मिलेंगे उन्होंने कहा कि आने वाले एक महीने तक कुछ भी हो सकता है श्री कुमार ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों को देश की नहीं बल्कि वोट बैंक की चिंता है वैशाली जिले के सहदेईबुजुर्ग स्टेशन पर ट्रेन सेवाएं बहाल करने का काम चल रहा है कल सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतर जाने के बाद से ही हाजीपुर बछवाड़ा बरौनी रेलखंड पर रेल यातायात बाधित है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि एक लाइन पर सेवाएं बहाल कर दी गई हैं दुर्घटना के कारण गुवाहाटी आनंद विहार टर्मिनल नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस और नई दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस समेत छह ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है इन ट्रेनों को दानापूर बरौनी रेलमार्ग के बदले दानापूर मोकामा के रास्ते से चलाया जा रहा है सोनपुर मंडल की तीन मेमू ट्रेनों को आज रद्द कर दिया गया अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादित स्थल के पास की भूमि अधिग्रहण करने संबंधी उन्नीस सौ तिरानवे के केन्द्रीय कानून की संवैधानिक वैधता को आज उच्चतम न्यायालय में चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई इस याचिका में दलील दी गयी है कि संसद राज्य की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कानून बनाने में सक्षम नहीं है रामलला को भक्त बताने का दावा करने वाले वकीलों ने यह याचिका दायर की है जिसमें कहा गया कि राज्य की सीमा के भीतर धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है भारतीय पूलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रिषी कुमार शुक्ला ने आज केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक का पदभार संभाल लिया है श्री शुक्ला अगले दो वर्ष तक एजेंसी के निदेशक रहेंगे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र क्शवाहा पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पार्टी द्वारा बुलाये गये बिहार बंद के दौरान कई जगह आगजनी की गयी और सड़क तथा रेल यातायात बाधित किया गया बंद के दौरान कई जगहों से हिंसक झड़प की भी खबरें हैं बंद समर्थकों ने भागलपूर स्टेशन पर आनंद विहार जा रही विक्रमशिला एक्सप्रेस को रोक दिया जिस कारण लगभग एक घंटे तक रेल यातायात बाधित रहा गया में बंद समर्थकों ने वाहनों को जबरन रोककर पथराव किया पटना के हड़ताली मोड़ और बक्सर के ज्योति प्रकाश चौक पर प्रदर्शनकारियों ने जाम लगाकर आगजनी की वहीं भोजपुर नालंदा बक्सर कटिहार सुपौल मधेपुरा पूर्णिया दरभंगा और मधुबनी समेत कई जिलों में बंद समर्थकों ने जुलूस निकाला और सरकार विरोधी नारे लगाये रालोसपा द्वारा बुलाये गये बिहार बंद का राजद समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी समर्थन किया था इधर भाजपा ने कहा है कि बिहार बंद के दौरान महागठबंधन का अराजक चेहरा देखने को मिला पार्टी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय ने कहा कि बंद के दौरान कार्यकर्ताओं ने कई जगह हिंसा की और मरीजों को भी अस्पताल जाने से रोका मूजफ्फरपूर जिले के मोतीपूर थाना क्षेत्र से पूलिस ने ट्रक पर लदी शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है वहीं जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के जारंग से एक पिकअप वैन से निन्यानवे कार्टन शराब जब्त की गयी है इधर अररिया जिले के जोकीहाट किशनगंज रोड पर पूलिस लिखी हुई गाड़ी से भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है सूपौल जिले के नगर थाना क्षेत्र में अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंचे दिल्ली पुलिस के दो जवानों को स्थानीय पुलिस ने शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों पुलिसकर्मी एक अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार करने सुपौल पहुंचे थे दोनों ही पुलिसकर्मी नशे में धुत थे जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने उत्पाद विभाग को दी ब्रेथ एनालाइजर और खून के नमूनों की जांच में अल्कोहल की प्रष्टि के बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आज हुई सड़क दुर्घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गयी दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के काकरघट्टी गांव के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या संतावन पर एक पिकअप वैन और ट्रक की टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गयी वहीं नालंदा जिले के हिलसा अनुमंडल के चिकसौरा में एक अनियंत्रित बस के गड्ढे में पलट जाने से दो यात्रियों की मौत हो गयी जबकि पच्चीस अन्य घायल हो गये घटना से आक्रोशित लोगों ने दूर्घटनाग्रस्त बस में आग लगा दी मौके पर पहुंचे अग्निशमन दस्ता के वाहन पर भी लोगों ने जमकर रोड़ेबाजी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बस दुर्घटना में मारे गये लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जतायी है मृतकों के निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रूपये देने की घोषणा की गयी है इधर जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के सोहजाना मोड़ पर ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गयी सुपौल जिले के नगर थाना क्षेत्र के चैनसिंह पट्टी गांव के पास दो वाहनों के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गयी वहीं शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र के जमालपुर के पास सड़क हादसे में एक किसान की मौत की खबर है भागलपूर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र के श्रीपूर गांव में आग से झुलसकर एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गयी नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि कुछ लोग रात में ठंड से बचने के लिए अलाव जलाये हुए थे तभी आग से निकली चिंगारी ने आठ घरों को अपनी चपेट में ले लिया इस घटना में एक ही परिवार के चार बच्चों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि बचाने के क्रम में बच्चों की मां गंभीर रूप से झुलस गयी जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गयी मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश भर में मौसम प्रायः शुष्क बने रहने की संभावना जतायी है दिन में अच्छी धूप खिलेगी लेकिन सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड का एहसास होगा विभाग ने कहा है कि अब न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जायेगी आज सबौर सात दशमलव दो डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पटना का न्यूनतम तापमान ग्यारह गया का सात दशमलव सात भागलपुर का ग्यारह दशमलव दो और पूर्णिया का नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के केशौरिया गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच दर्जनों चक्र गोलीबारी हुई पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी अभियान चला रही है वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के शाही कॉलोनी के पास अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से डेढ़ लाख रूपये लूट लिये मूंगेर जिले के बरियारपूर थाना क्षेत्र के गिद्धा बहियार में पिछले दिनों एक छात्र की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है बक्सर जिले के रामनगर हरदिया गांव में एक व्यक्ति की आज हुई हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जहानाबाद जिले के करौनी चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक मोटरसाईकिल गोदाम में आग लग जाने से लाखों रूपये मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गयी

स्नान के बाद लोगों ने पूजा अर्चना की और दान पुण्य किया इधर कुंभ मेले में आज दूसरे शाही स्नान पर लगभग तीन करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया आज विश्व कैंसर दिवस है इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाकर समुचित कार्रवाई के लिए सरकारों पर दबाव बना कर घातक रोगसे होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाना है कैंसर दिवस पर पूरे प्रदेश में रैलियों संगोष्ठियों और जन जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया एक आंकड़े के अनुसार कैंसर से प्रतिवर्ष नब्बे लाख साठ हजार से अधिक लोगों की मौत होती है यह संख्या एच आई वी एड्स मलेरिया और तपेदिक सेहोने वाली कुल मौतों से ज्यादा है